इसके लिये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिड़ला का नाम प्रस्तावित किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है कांग्रेस या विपक्ष की ओर से किसी सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिये अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है इसलिये ओम बिड़ला का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है

आज भी नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी है कल प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता नरेन्द्र मोदी राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डीवी सदानन्द गौड़ा हरसिमरत कौर बादल रविशंकर प्रसाद संतोष गंगवार स्मृति ईरानी राहुल गांधी सहित कई सदस्यों ने शपथ ग्रहण की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को गुरुवार को संबोधित करेंगे जबकि केन्द्रीय बजट अगले महीने की पांच तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है कल शाम नई दिल्ली में हुई पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया वरिष्ठ पार्टी नेता और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने अमित शाह के नेतृत्व में कई चुनाव जीते

मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि राज्यपाल से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है

सीएम पत्र राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों रोकने के लिए एक नया ढ़ाचा विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है इसमें जाँच अधिकारी कानूनी सलाहकार अभियोजक काउंसलर के अलावा डीएनए लेब और मोबाइल फोरेंसिक टीम के सदस्य शामिल होंगे

श्री नाथ ने पत्र में कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराघों के मामलों से निपटने के लिए इनकी जाँच उपकरणों की खरीद बल और डॉग स्क्वाड के पुनर्गठन के लिए एक सेल का गठन करना होगा

एयर इंडिया का यह विमान इंदौर से दुबई के लिए उड़ान भरेगा

यह विमान इंदौर से सप्ताह में तीन दिन सोमवार बूधवार और शुक्रवार को रवाना होगा करीब ढाई घंटे के इस सफर के बाद विमान अगले दिन दुबई से इंदौर की उड़ान भरेगा

विधि विघायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने बताया है कि अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश के लिये गृह मंत्रालय के जरिए भेजा गया है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अध्यादेश को प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा योग दो मिनट में प्रादेशिक समाचार एकांश ने श्रोताओं के लिए योग पर अपनी एक खास श्रृंखला दो मिनट में योग प्रारंभ की है इसके तहत हम हर दिन सुबह और शाम के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आम लोगों के लिए उपयोगी किसी योगाभ्यास के तरीके और उसके फायदे के बारे में बता रहे हैं

आज शाम के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आप पादहस्तासन के बारे में जान सकते हैं विश्व कप आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज मैनचेस्टर में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा

उनकी मांग है कि देशभर में वकील सुरक्षा कानून लागू किया जाये

इसके लिये प्रशिक्षण योग शिविर भी आयोजित की जा रही है